राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधयेक कानून बन गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला नगर निगम के सांगटी वार्ड के उपच्नाव में जीत हासिल करने पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार मीरा शर्मा को बधाई दी है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि इस वार्ड में पार्टी द्वारा लंबे समय के बाद यह जीत दर्ज की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि लोगों ने पार्टी मे विश्वास को दोहराया है जयराम ठाकुर ने कहा कि जीत का यह सिलसिला भविष्य में जारी रहेगा और पार्टी राज्य में लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल का जन्मदिन कल नाहन भाजपा मण्डल ने हर्षोल्लास के साथ मनाया इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने डॉक्टर परमार मैडिकल कॉलेज में मरीजों को फल वितरित किए मण्डल अध्यक्ष दीन दयाल वर्मा ने कहा कि राजीव बिंदल विकास पुरूष हैं और उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अहम योगदान दिया है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों कुल्लू किन्नौर लाहौल स्पिति और राजधानी शिमला और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों नालदेहरा कुफरी नारकंडा में ताजा हिमपात हुआ है जिससे प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है

वहीं लाहौल स्पिति के केलंग में दो ईच कोकसर में चार ईंच और रोहतांग में आधा फुट हिमपात हुआ है कुल्लू के मनाली कोठी सोलंगनाला में भी हिमपात होने का समाचार है बर्फबारी के कारण उपरी क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में सड़के बंद हैं जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कल रात बारिश होने का समाचार है इस बर्फबारी का जहां पर्यटक भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं वहीं कारोबारी खासे उत्साहित हैं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

अमर उजाला का शीर्षक है शिमला में भाजपा समर्थित मीरा ने जीता सांगटी वार्ड उप चुनाव दैनिक जागरण की सुर्खी है सांगटी उप चुनाव में जीती भाजपा समर्थित मीरा आपका फैसला के शब्द हैं सांगटी वार्ड उपचुनाव में कांग्रेस को झटका बीजेपी समर्थित मीरा जीती पंजाब केसरी लिखता है लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति पर अमल करेंगे सत्ता संगठन के नेता भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता शामिल दैनिक भास्कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है सुक्खू ने प्रदेशाध्यक्ष रहते हए पार्टी का नाश किया

हिमाचल दस्तक की एक खबर है सबसे उंची उड़ान भरने वाले पक्षियों ने झील में डाला डेरा गोबिंद सागर की शान बने बार हेडेड गूज

मौसम से जुड़ी खबर पर आपका फैसला के शब्द हैं ऊपरी हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप्प वहीं पंजाब केसरी लिखता है पहाड़ों पर हिमपात जारी कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी सरकारी कैलेंडर का मास्टर प्रिंट चोरी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हजारों प्रिंट करवा बाजार में बेचे प्रिंटिग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट ने बिठाई जांच

अमर उजाला की एक खबर है लिखित परीक्षा साक्षात्कार के अंकों को गुप्त नहीं रख सकता लोक सेवा आयोग राज्य सूचना आयोग में अपील पर दूसरे उम्मीदवारों के नंबर बताने के आदेश दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय औद्योगिक घरानों को न्योता में लिखता है कि उद्योगों के विस्तार से प्रदेश के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के बेहतर भविष्य का सपना साकार होगा